राष्ट्र पति अभिमाषण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ ही जनता के सहयोग से देश ने वैश्विक महामारी कोरोना की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है राष्ट्रपति ने यह बात आज अब से कुछ देर पहले चौहत्तरवें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए गए अपने संदेश में कही

श्री कोविंद ने कहा कि वर्ष दो हजार बीस में हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं उन्होंने कहा कि एक अदृश्य वायरस ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्रकृति मनुष्य के अधीन है राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासी इस वैश्विक महामारी का सामना करने में जिस समझदारी और धैर्य का परिचय दे रहे हैं उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है स्वतंत्रता दिवस देश का चौहत्तरवां स्वाधीनता दिवस कल मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे इस मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे इस आयोजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है कल लालकिले पर स्वाधीनता दिवस समारोह के आयोजन की फल डेस रिहर्सल भी की गई इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वाधीनता दिवस के आयोजन की समी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन परिसर में ध्वजारोहण करेंगी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा वहीं प्रदेश भें मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे ध्वजारोहण के बाद पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की द्वकड़ियों द्वारा सलामी दी जाएगी इसके बाद मुख्यमंत्री जनता के नाम संदेश देंगे कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया जाएगा उधर कोरबा में विघानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ध्वजारोहण करेंगे वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू महासमूंद में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे द्र्ग में और वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनादगांव में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे ै इसी तरह महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया रायगढ़ में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम बस्तर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा धमतरी में और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया सरगुजा में तिरंगा फहराएंगे इसके अलावा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल बिलासपुर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गौरेला पेण्ड्रा मारवाही में और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार जांजगीर चांपा जिले में आयोजित समारोह के तिरंगा फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे इसी प्रकार अन्य जिलों में संसदीय सचिव विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ध्वजारोहण करेंगे इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस साल स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रमों में समी आगंतुको को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और आपसी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं इन समारोहों में स्कूली बच्चों को एकत्रित नहीं किया जाएगा साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे राज्यपाल शुभकामनाएं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देशवासियों सेना के जवानों सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अनेक स्वाधीनता सेनानियों के समर्पण त्याग और बलिदान से देश को आजादी मिली है इस आजादी को बनाए रखने के लिए सेना के जवानों और पुलिसकर्भियों ने भी अपनी शहादत दी है राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से आजादी के इस पर्व पर देश को कोरोना वायरस और विघटनकारी तत्वों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेने का आव्हान किया वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश की जनता के नाम दिए गए संदेश का प्रसारण कल सुबह आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से किया जाएगा इसे प्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मुख्यमंत्री के इस संदेश का प्रसारण नई दिल्ली में लालकिले पर कल आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित किए जाने के उपरांत आकाशवाणी नई दिल्ली से समाचार प्रभात और मॉनिंग न्यूज के प्रसारण के पश्चात किया जाएगा पुलिस पुरस्कार इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नौ सौ छब्बीस पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की है इनमें छत्तीसगढ़ के चौदह पुलिसकर्भियों के नाम भी शामिल हैं कोरबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा सहित तीन अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक वहीं सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजेश अग्रवाल और सातवीं वाहिनी के सेनानी विजय ेअग्रवाल सहित ग्यारह पुलिसकर्भियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है वहीं रायपुर के टिकरापारा थाना प्रभारी निरीक्षक याक्रब मेमन को दूसरी बार राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है इन सभी अधिकारियों को अगले वर्ष छब्बीस जनवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले गॅणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पदक पाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बघाई और शुभकामनाएं दी हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया इसका आयोजन चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पंद्रह अगस्त से महात्मा गांधी की एक सौ इंक्यावनवीं जयंती दो अक्तूबर तक किया जा रहा है इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति और संगठन फिट इंडिया की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं केन्द्र भारत निर्माण चौहत्तरवें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम नए भारत के निर्माण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं केन्द्र सरकार ने नए भारत का निर्माण करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई पहल की हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वर्ष के अंत तक सबके लिए आवास का लक्ष्य है साथ ही पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों की आय दोगुनी करना और आयुष्मान भारत सहित कई योजनाओं की शुरूआत की गई है नरेन्द्र मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की है जिसके तहत छह हजार रूपये की राशि प्रतिवर्ष लामार्थियों के खाते में हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है

स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के युवाओं को रोजगार और स्व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं

आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पृष्टि हई है दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने सोशल मीडिया के जरिये जानकारी दी है कि उनकी पत्नी और बेटे की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है इधर महासमुंद जिले के सरायपाली में कोरोना संक्रमित एक नये मरीज की पहचान हुई है वहीं जांजगीर चांपा जिले में दो नये कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है प्रे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा चौदह हजार को पार कर गया है इनमें से साढ़े नौ हजार से अधिक लोग संक्रमणमक्त हो चके हैं वहीं वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार से अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल देर रात तक प्रदेश में चार सौ अटहत्तर नये कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी धान खरीदी निर्णय प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि आगामी धान खरीदी के अंतर की राशि के संबंध में मंत्रिमंडल निर्णय लेगी उन्होंने कहा कि धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग अलग उप समिति है और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उप समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगा श्री भगत ने केहा कि चालू सीजन के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं उन्होंने बताया कि इस साल गिरदावरी बीते एक अगस्त से शुरू हो गई है जो बीस सितंबर तक चलेगी वहीं पंजीयन आगामी सत्रह अगस्त से इकतीस अक्टूबर तक किया जाएगा

प्रवासी श्रमिक खाद्यान्न आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पंजीकृत प्रवासी व्यक्तियों और मजदूरों को मई तथा जून महीने का बचा अनाज इकतीस अगस्त तक देने के निर्देश दिए गए हैं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को भेजे गए पत्र के अनुसार प्रदेश के अड़तालीस प्रतिशत परिवार को चना और करीब दो तिहाई परिवारों को चावल दिया गया है वहीं बीजापुर और सुकमा जिले में दस प्रतिशत से कम तथा जशपुर रायपुर और मुंगेली जिले में पचास प्रतिशत से कम सदस्यों को खाद्यान्न वितरण किया गया है

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे गौरतलब है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी संतान या आश्रित तृतीय लिंग वर्ग के हैं उन्हें उनके अभिभावक की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अब से पहले तक अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं था ईको रिसॉर्ट उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन ईको रिसॉर्ट का आज उदघाटन किया श्री बंघेल ने बिलासपुर जिले के करदर हिल ईको रिसॉर्ट कबीरघाम जिले के सरोघा दादर बैगा रिसॉर्ट और कोंडागांव जिले में धनकुल रिसॉर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी कला संस्कृति और इनके वैभव से पर्यटकों को परिवित कराने के लिए ट्राईबल ट्ररिज्म सर्किट का विकास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ आस्था और संस्कृति का केन्द्र बनेगा श्री बघेल ने कहा कि इसके लिए जल्द ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन किया जाएगा इसके माध्यम से आमजन भी आर्थिक सहयोग दे सकेंगे इधर मुख्यमंत्री ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्थानीय संपादक ईवी मुरली को बीसवें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया इस अवसर पर श्री बघेल ने देश और समाज के लिए पत्रकारों के दिए योगदान पर चर्चा भी की रोजगार कैम्प अन्य राज्यों और अन्य जिलों से रायपुर आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आगामी अट्ठारह अगस्त से शिविर लगाए जाएंगे मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में अट्टारह अगस्त को धरसींवा बीस को आरंग पच्चीस को अमनपुर और सत्ताईस अगस्त को तिल्दा में शिविर आयोजित किए जाएंगे शिविर में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक समय में बीस से अधिक श्रमिक उपस्थित न हों उधर महासमुंद जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा हुनर से रोजगार तक योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने प्रशिक्षण दिया जाएगा हाईकोर्ट जमानत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टटेजा के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजुर कर ली है गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्ष दो हजार उन्नीस में इन अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग का मामला दर्ज किया गया था इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने द्वष्कर्म मामले में जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की अग्रिम जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्से में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है वहीं मौसम विभाग ने बीजापुर सहित बस्तर संभाग के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जिले में अति भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विमाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं

संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पूर्व राज्यपाल बलरामजी दास टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोंडागांव जिले में खादी और ग्रामोद्योग के सहायक संचालक को कथित रूप से पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है कोरिया जिले के बैकूंठपुर क्षेत्र के बड़गांव में पहाड़ी खोह में दबने से शावक सहित दो भालुओं की मौत हो गई